प्रदेष के कुछ जिलों में ऐतिहातन निषेधाज्ञा लागू की गयी है वहीं सोषल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों और वीडियो का संज्ञान लेते हुए आयोग ने कल अपना स्पष्टीकरण जारी करते हुए उन खबरों का खंडन किया और कहा कि सभी ईवीएम नियमानुसार सीलबंद कर स्ट्रांग रूम में बंद कर दी गयी है और उनके बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं आयोग ने कहा है कि ईवीएम को सीलबंद करने की पूरी कार्रवाई को सीसीटीवी कैमरों में दर्ज किया गया है इसलिए ये आरोप बेबुनियाद गलत और झूठे हैं

आयोग की कल नई दिल्ली में हई बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और दोनों निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र उपस्थित थे आयोग ने कहा कि असहमति संबंधी टिप्पणियां और अल्पमत वाला दुष्टिकोण बैठक के रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहेगा जैसा कि अब तक होता रहा है हाल ही में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आयोग की व्यवस्था से अशोक लवासा ने अपने आपको यह कहते हुए अलग कर लिया था कि उनकी असहमति को निर्वाचन आयोग के आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है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

श्री मोदी ने कहा कि एनडीए का उद्देश्य वोट हासिल करना या सत्ता में आना नहीं बल्कि नये भारत का निर्माण करना है

यह उपग्रह एक सक्रिय एसएआर से लैस है बादल छाये रहने या अंघेरे में रेगुलर रिमोट सेंसिंग या ऑप्टिकल इमेजिंग उपग्रह पृथ्वी पर छिपी वस्तुओं का पता नहीं लगा पाता है जबकि एक सक्रिय सेंसर एसएआर से लैस यह उपग्रह हर परिस्थिति में अंतरिक्ष से एक विशेष तरीके से पृथ्वी की निगरानी कर सकता है

विशेष लोक अभियोजक कलदीप जैन ने बताया कि आरोपियों को अदालत में आरोप पत्र की प्रति दी जाएगी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

गांव के छह बच्चे बकरियां चराने छड़ायतनगर की पहाडियों में गए थे जिनमें से तीन बच्चे बांध में नहाने उतरे बांध में मनरेगा योजना के अंतर्गत खोदी गई चौकड़ी में वे डूब गए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

बैठक में मुख्य सचिव डीबी ग्रप्ता ने बताया कि राज्य में गर्मी के मौसम में आने वाली पेयजल की किल्लत से निपटने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं तथा स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है